राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मानदेय में पन्द्रह सौ रूपये तक की वृद्धि की है इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रूपये कर दिया गया है सहायक सेविका का मानदेय दो हजार दो सौ पचास रुपये से बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपये और सहायिकाओं का मानदेय डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह किया गया है इसके अलावा सहायिकाओं को अतिरिक्त राशि के तौर पर दो सौ पचास रुपये भी दिये जायेंगे वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने पटना स्थित आर ब्लॉक दीघा नई सड़क के लिए तीन सौ उन्यासी करोड़ रुपये की मंजूरी दी है इसके तहत फ्लाई ओवर ब्रिज फोर लेन और ड्रेनेज का निर्माण किया जायेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में पटना में गंगा नदी पर एक नये पुल की मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या उन्नीस पर मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर चार लेन के साढ़े पांच किलोमीटर से अधिक लंबे नये पुल के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है इस पर उनतीस अरब छब्बीस करोड़ बयालीस लाख रुपये की लागत आयेगी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस पुल के निर्माण की अवधि साढ़े तीन वर्ष है और इसके जनवरी दो हजार तेईस तक पूरी हो जाने की संभावना है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है यह जानकारी देते हुए केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उन गरीब परिवारों को बिना कोई राशि जमा किये हुए रसोई गैस देने का फैसला किया है जो इस योजना में शामिल नहीं हो पाये थे केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की योजना के जरिये राज्यों की मदद करेगी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शोरगुल के बीच प्याज और आलू उगाने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर कुछ सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की श्री सिंह ने अपने उत्तर में कहा कि खेती की कुछ वस्तुओं के लिए बाजार में हस्तक्षेप की योजना पहले से ही चल रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च तक राज्य के सभी पंचायतों में कृषि कार्यालय खोल दिये जायेंगे श्री कुमार नवादा में आज लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कृषि भवन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिले के चौदह प्रंखडों में से सात में एक किसान भवन का निर्माण कर दिया गया है मुजफ्फरप्र के पूर्व उप महापौर समीर कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गोविंद को पटना हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया एसटीएफ के आरक्षी अधीक्षक रंजीत मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गयी तेईस सितम्बर को समीर कुमार और उसके ड्राईवर की हत्या कर दी गयी थी भारतीय पूलिस सेवा के छह अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है गणेश कुमार को पटना का आईजी प्रोविजन बनाया गया है वहीं राजेश राठी शाहाबाद के नये डीआईजी होंगे बांका के आरक्षी अधीक्षक चंदन कुशवाहा को होमगार्ड में कमांडेंट के रूप में तैनात किया गया है स्वप्ना जी मेश्राम को बांका का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है भागलपुर के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को सीटीएस नाथनगर के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डाक विभाग ने चंपारण आंदोलन के सूत्रधार राजकुमार शुक्ल पर आज एक स्मारक डाक टिकट जारी किया संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली के डाक भवन में पश्चिमी चम्पारण के सांसद संजय जयसवाल और वाल्मीकिनगर के सांसद सतीश चंद्र दूबे की मौजूदगी में पाँच रुपये के इस स्मारक टिकट का विमोचन किया श्री सिन्हा ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का विशेष महत्त्व है उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने आजादी की लड़ाई में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले कई ऐसे व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी किये हैं जिन्हें इतिहास में समुचित जगह नहीं मिल सकी

बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आद्रता बढ़ने के कारण रात में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि रबी की फसलों के लिए यह ठंड काफी लाभदायक है ठंड को देखते हुए पटना में आठवीं तक के स्कूलों को सुबह साढ़े नौ बजे से संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है वहीं सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने भी कल से अगले आदेश तक सभी स्कूलों का संचालन सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक करने का निर्देश दिया है केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय सीतामढ़ी स्थित देवी सीता की जन्म स्थली का विकास करेगा भाजपा सांसद प्रभात झा के एक सवाल के लिखित जवाब में पर्यटन राज्य मंत्री केजेअल्फांस ने बताया कि इसके लिए शीघ्र ही आवश्यक धनराशि आवंटित की जायेगी उत्तर बिहार के डाक सेवा कर्मी आज से अपनी कई मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं हड़ताल पर जाने के कारण मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर सहित कई शाखा और उप डाकघरों में कार्य पूरी तरह ठप हो गया है अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों को पूरा करने का जो सरकार ने आश्वासन दिया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है भोजपूर जिले के कर्मामेपूर ओपी में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रकाश रजक ने आज पुलिस बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली मृतक प्रकाश रजक भागलपुर जिले के निवासी थे पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान यूवक ने डांसर को सामने से गोली मारकर घायल कर दिया पटना स्थित आश्रय सेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया औरंगाबाद के जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने दाउदनगर प्रखंड में चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन ग्रामीण आवास सहायकों का वेतन बंद करने का आदेश दिया समस्तीपुर जिले के मथुरापुर पुलिस आउट पोस्ट के बेगमपुर गांव के पास स्कूल बस के पलट जाने से लगभग चालीस बच्चे घायल हो गये बेगूसराय जिले के बरौनी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका की ओर से आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया इस मेले में एक हजार एक सौ बीस बेरोजगारों ने अपना निबंधन करवाया भोजपुर जिले में सात निश्चय योजना के तहत चल रहे गली नाली पक्कीकरण योजना में अनियमितता पाये जाने पर पीरो थाना के वार्ड संख्या एक के सदस्य और पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वहीं जिले के संदेश थाना के डीहरा पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है वैशाली जिले के सराय थाना के सिसवनी परबोधी गांव से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर चौदह कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय गांव के पास से अपराधियों ने एक मोटर पंप लदे ट्रक को लूट लिया पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजधानी पटना से एक ट्रक पर मोटर पंप लादकर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया ले जाया जा रहा था वहीं जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छह मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गयी पांच मोटरसाइकिल बरामद की है भीखारी ठाकूर की जयंती के अवसर पर बक्सर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में लोक गायक गोपाल राय सहित कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति पेश की इस कार्यक्रम में भोजपुरी संस्कृति आठवीं सूची में स्थान की भी मांग की गयी